राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहरी क्षेत्रों की तरह देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने पर दिया जोर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ नई दिल्ली में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए मंथन जारी पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध त्वरित और प्रभावी कार्यवाही के दिये निर्देश

उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की भावना मजबूत हुई है श्री मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर में भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाए कुशल मैनेजर और संगठनकर्ता होती है और महिलाओं में एक साथ कई काम करने की योग्यता भी होती है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री साइबर समन्वय केन्द्र पर एक पोर्टल भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री आईजी अफसरों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस चक्र प्रदान करेंगे

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद सरकार की आय में बढ़ोत्तरी हुई है

धार्मिक यात्राओं पर लगने वाले जीएसटी की दर में भी कटौती की गई है जीएसटी परिषद की बैठक में लिये गये इन फैसलों से सरकार पर करीब साढ़े पांच हजार करोड रूपए का भार पड़ेगा

वे आज ग्रामीण तेलंगाना में लाल खून की कोशिकाओं थैलीसीमिया और अन्य अनुवांशिक रक्त विकारों से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के सभागार का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे राष्ट्रपति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि आध्रनिक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों को लाल खून की कोशिकाओं और रक्त विकारों का सामना करना पड़ रहा है राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए केन्द्र का आयुष्मान भारत कार्यक्रम एक वरदान है

राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में मंत्रणा की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राज्य में पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों के नामों पर आज दिल्ली में दूसरे दिन भी मंथन जारी है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद राज्य मंत्रिमण्डल के बारे में फैसला होने की संभावना है गौरतलब है कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करने के लिए श्री गहलोत और श्री पायलट तथा कांग्रेस पार्टी के कई विधायक दो दिन से दिल्ली में है और बैठकों का दौर जारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कम्प्यूटरों पर निगरानी संबंधी गृह मंत्रालय के कथित आदेश पर चिंता जताते हए इसके उददेश्य पर संवाल उठाया है उन्होंने ट्विट करते हए कहा कि यह बहत ही चिंताजनक है कि एक निर्वाचित सरकार बार बार अपनी ही जनता की जासूसी करने की कोशिश कर रही है गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अपने इस आदेश में दस केन्द्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिये हैं और वे अब किसी भी कम्प्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकती है

उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही प्रभावी सुनवाई व्यवस्था और अपराधियों के विरूद्ध त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं श्री गर्ग आज जयपुर में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने समाज के कमर्जार वर्गो विशेष रूप से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिये पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराध की रोकथाम और साइबर अपराधियों के विरूद्व विशेष कार्य योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिये श्री गर्ग ने राजधानी जयपूर सहित सभी शहरों में सुगम यातायात के लिए विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर कार्य योजना बनाने को कहा

पदभार संभालने के बाद उन्होंने प्रेस काफेंस में कहा जयपुर में अपराध पर लगाम लगाएंगे और एटीएम धोखाधड़ी पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए पुलिस काम करेगी

मुम्बई में हुनर हाट प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह में श्री नकवी ने कहा कि सरकार ने कुशल कामगारों और दस्तकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाये हैं और हुनर हाट उसी का ही हिस्सा हैं

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

कई स्थानों पर कोहरा छाये रहने के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है

माउंटआबू में भी आज न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सैल्सियस पर पहुंच गया

हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि वहां पड रही तेज ठण्ड की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड रहा है

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित दो दिवसीय इस उत्सव में देशी विदेशी पर्यटक उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं

प्रतियोगिता में ओलिंपिक और विश्व चैम्पियन स्पेन की कैरोलिना मारिन और ओलिंपिक रजत पदक विजेता पी वी सिंधू सहित कई शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे

डॉ शर्मा ने भी जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित अस्पताल समेत कई स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया श्री शर्मा जयपुर के पास कनक घाटी स्थित सिटी डिस्पेंसरी पहुंचे तो वहां डॉक्टर नदारद मिले मिशन निदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे चिकित्सा संस्थानों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का समय पर पहुंचना सुनिश्चित करावें